इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय से राज्य में चिकित्सा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र उनकी सरकार की प्राथमिकता है और बीमारियों की रोकथाम तथा लोगों को किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में मिशन मोड में उनकी सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है इससे पहले प्रधानमंत्री ने लखनऊ में सचिवालय लोकभवन प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पच्चीस फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया नब्बे लाख रूपये की लागत की यह प्रतिमा जयपुर में बनायी गयी है इस अवसर पर रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें उस निर्वाचन क्षेत्र में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ जहां से अटल जी पांच बार सांसद चुने गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा क्षेत्र में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर कहा कि प्रदेश के पचहत्तर जनपदों में पहले मात्र पंद्रह मेडिकल कालेज थे लेकिन पिछले ढाई वर्षो में प्रदेश सरकार के कार्यकाल में यह संख्या पैंतालीस पहुंच गई है उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से इस वर्ष तीन सौ छप्पन मेडिकल डेंटल और नर्सिंग कॉलेज संबद्व हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नये भारत को जल संकट की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने को तैयार करना होगा आज नई दिल्ली में अटल भूजल योजना का श्भारंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि जल संकट का न केवल लोगों तथा परिवारों पर बल्कि देश और उसके विकास पर भी विपरीत असर पड़ता है श्री मोदी ने कहा कि पानी का विषय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दिल के बहुत नजदीक था उन्होंने कहा कि अटल जल योजना या जल जीवन मिशन से संबंधित दिशा निर्देश देश के प्रत्येक परिवार को नल से जल की आपूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अगले पांच वर्ष में शेष पन्द्रह करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल उपलब्ध कराना है प्रधानमंत्री ने किसानों से अनुरोध किया कि वे ऐसी फसलें उगाएं जिनमें कम पानी की आवश्यकता हो उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि वे दैनिक घरेलू कार्यो में पानी जैसे अमूल्य प्राकृतिक संसाधन का दुरूपयोग न करें उन्होंने स्टार्टअप्स से ऐसी प्रोद्योगिकी का विकास करने को कहा जिससे पानी की कम से कम खपत सुनिश्चित की जा सके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पन्चानबेवीं जयंती पर आज हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि महत्वपूर्ण अटल टनल इस क्षेत्र का भाग्य बदल देगी और इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है और यह उन्हें एक श्रद्वांजलि है जिन्होंने इस टनल के निर्माण का ऐतिहासिक फैसला किया था राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उनकी पन्वानबेवीं जयंती पर श्रद्वा सुमन अर्पित कर रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म पच्चीस दिसंबर उन्नीस सौ चौबीस को ग्वालियर में हुआ था वे तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने पहली बार उन्नीस सौ छान्नबे में वे केवल तेरह दिन तक प्रधानमंत्री रहे दूसरा कार्यकाल उन्नीस सौ अन्ठानबे से उन्नीस सौ निन्यानबे तक ग्यारह महीने का रहा और इसके बाद उन्नीस सौ नियान्नबे से दो हजार चार तक उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की दो हजार पन्द्रह में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अन्य केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी भी अटल जी को श्रद्वा सुमन अर्पित करने पहुंचे राष्ट्र आज महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उनका भी स्मरण कर रहा है भारत रत्न से अलंकृत महामना मदन मोहन मालवीय ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया उन्होंने उन्नीस सौ सोलह में वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की देश प्रदेश और पूरी दुनिया में आज क्रिसमस का पर्व धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रमु ईसा मसीह के जन्मदिन पर आज प्रदेश भर में गिरजा घरों को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया है गिरजा घरों में आज विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन किये गये विभिन्न स्थानों पर कैरोल गायन के कार्यक्रम आयोजित किये गये